उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के बनने से प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और सैलानियों को मनाली व आसपास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक पहचने में सुविधा होगी जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार विशेष कार्य बल के सजन के लिए मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन को नामांकित करेगी उन्होंने गम्गल हवाई अड्डे के विस्तार के मामले पर भी चर्चा की और केंद्रीय मंत्री को बताया कि उड़ान दो परियोजना में तेजी लाने के लिए केंद्र के सहयोग की जरूरत है मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य के अन्य हवाई अड़डों का उपयोग करने की अनुमति का भी आग्रह किया केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू ने मुख्यमंत्री को मंत्रालय के सक्रिय समर्थन का आश्वासन दिया उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर औद्योगिक क्षेत्र पुरवाणू को सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग की है सहजल ने कहा कि परवाणू हिमाचल का प्रवेश द्वार है और शिमला आने जाने वाले सभी पर्यटक इसी क्षेत्र से होकर गुजरते है ऐसे में राष्ट्रीय राज मार्ग से जुड़ने पर यहां स्थापित उद्योगों को फायदा होगा ँऔर स्थानीय लोगों सहित पर्यटक भी लाभान्वित होंगे सहजल ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ सोलन जिला के विभिन्न राजमार्गों व संपर्क मार्गों के सुधार का भी केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजीव सहजल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी इस दौरान सांसद वीरेंद्र कश्यप और सोलन जिला प्रभारी चंद्रमोहन ठाकुर भी मौजूद रहे अनूराग सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लक्ष्य से अधिक सड़क निर्माण में देश भर में पहला स्थान पाने को सरकार के सकारात्मक रवैये का परिणाम बताया अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और हिमाचल प्रदेश नित नई ऊंचाईयों को छू रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में तमाम बुनियादी सुविधाओं के साथ रोड कनेक्टिविटी को और मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है

उन्होंने कहा कि वे रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है खेल मंत्री जनवरी में शुरू किए गए खेलों इंडिया कार्यक्रम के परिणाम इस वर्ष राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दिखाई दिए हैं

उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए केंद्र सरकार योजनाबद्द तरीके से काम कर रही है और इसके लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि आगामी वर्षों में भी खेलो इंडिया कार्यक्रम के बेहतर परिणाम नजर आएंगे बिक्रम सिंह प्रदेश सरकार खेलों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में तीन दिवसीय सब जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के शुभारंभ पर कही

बिक्रम ठाक़र ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों की डाईट मनी बढ़ाने और उन्हें आने जाने की सुविधा उपलब्ध करवाने पर गंभीरता से विचार कर रही है उन्होंने यूवाओं से नशे से दर रहने का भी आहवान किया

सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कंपनी के प्रदेश प्रभारी डीवीडी प्रसाद ने बताया कि कर्मचारियों ने यूनियन बनाई है और कर्मचारी किसी भी समस्या की जानकारी कंपनी को देने की बजाय यूनियन को दे रहे हैं जिससे दिक्कतें पैदा हो रही है